मुख्यमंत्री प्रदेश में विद्यालय पूर्व शिक्षा व शिश् देखभाल के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में कल शिमला में बच्चों की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा पर एक प्रस्तुतीकरण के दौरान यह निर्णय लिया गया उन्होंने कहा कि तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा और शिशु देखभाल सुविधा देने के उद्देश्य से ये कमेटी बनाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण जरूरतों को पूरा करना महिला व बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी है

ये दिशानिर्देश कल पहली जुलाई से लागू होंगे

दिशानिर्देशों के तहत मेट्रो रेल सेवा सिनेमाघरों का संचालन स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम और सभागार जैसे स्थानों को नहीं खोला जाएगा इसी तरह समारोहों और अन्य बड़ी सभाओं की भी अनुमति नहीं होगी दिशानिर्देशों के अनुसार इनके अलावा बाकी सभी गतिविधियों की कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी

इस बारे में दिशा निर्देश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जारी करेगा

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी धीमान ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है

कुल्लू जिले में एक मात्र कोरोना पॉजिटिव सीआईएसएफ के जवान की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले में अब कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है

द्रर्घटना कोटखाई तहसील के कोकुनाला में कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से मां बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई दोनों ठियोग के रहने वाले थे और मृतक महिला शीला देवी कोटखाई में लोकनिर्माण विभाग में कार्यरत थी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में आंधी से नुकसान और कोरोना के बढ़ते मामले को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में अंधड़ बारिश से करोड़ों का नुकसान एक की मौत पंजाब केसरी की सुर्खी है मंडी व कांगड़ा में तूफान का कहर कई जगह पेड़ गिरे छतें उड़ीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी में तूफान ने ली एक की जान दो करोड़ का नुकसान दैनिक भास्कर ने लिखा है पेड़ टूटकर गाड़ियों व बिजली की तारों पर गिरे घरों की छतें उड़ीं आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में आंधी तूफान ने बरपाया कहर मंडी में एक व्यक्ति की मौत

दैनिक भास्कर ने लिखा है लाहौल स्पीति में पहला केस बीआरओ का मजदूर पॉजिटिव